मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों व पैंशनरों को दिया चार फीसदी अंतरिम राहत का तोहफा ज़िला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की रही धूम उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग सम्मानित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सीमावर्ती क्षेत्रों में टीवी व मोबाईल टावर लगाने को बताया ज़रूरी

राज्य स्तरीय समारोह कांगड़ा ज़िले के इंदौरा में हुआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और पुलिस होमगार्ड एनसीसी व आईटीबीपी के जवानों पर आधारित दुकड़ियों से मार्चपास्ट की सलामी ली बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ आजादी के इस पर्व में भाग लिया मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष पहली जुलाई से चार फीसदी अंतरिम राहत देने का ऐलान किया

देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को मुख्यमंत्री ने नमन किया जयराम ठाकुर ने कहा कि छोटा प्रदेश होने के बावजूद विकास के मामले में हिमाचल अग्रणी राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है जिसका श्रेय यहां के मेहनकश लोगों का जाता है

मुख्यमंत्री ने ऐसे पूर्व सैनिकों को जिन्हें अभी कोई पैंशन नहीं मिल रही है उन्हें तीन हज़ार रूपये मासिक पैंशन देने की घोषणा भी की

उन्होंने कहा कि भाजपा के दृष्टिपत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर सबका साथ सबका विकास की राह पर है

इधर शिमला में आयोजित ज़िला स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली इस अवसर पर अपने संबोधन में देश की आज़ादी और उसके पश्चात इसका सम्मान बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्वांजलि अर्पित की

इस मौके रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया मुख्यमंत्री ने शैल बाला और गुलाब सिंह को मरणोपरांत हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किए इसके अलावा चार अन्य लोगों को राज्य नवाचार पुरस्कार से भी नवाज़ा गया इस मौके स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सहित कई विधायकगण और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे स्वतंत्रता दिवस सिरमौर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में हुए ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया उन्होंने विभिन्न ट्रुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत परेड का निरीक्षण किया और मार्चपास्ट की सलामी ली

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति पर लिखी कविता की पंक्तियों को पढ़कर सुनाया और लोगों से राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाए रखने का आहवान किया स्वतंत्रता दिवस कुल्लू कुल्लू के ढालपुर मैदान में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मव्य परेड की सलामी ली उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को देशवासी कभी नहीं भुला पाएंगे क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम आज़ाद देश में चैन की सांस ले रहे हैं

स्वतंत्रता दिवस ऊना ऊना में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में हुए ज़िला स्तरीय समारोह में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली उन्होंने कहा कि प्रदेश के वीर सपूतों और नारियों ने भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान दिया था उन्होंने कहा कि प्रजामंडल आंदोलन धामी गोली कांड सुकेत सत्याग्रह और पजोहता आंदोलन इस बात का गवाह है कि तत्कालीन रियासतों ने भी आज़ादी के आंदोलन में बढ़चढ़ कर भाग लिया था स्वतंत्रता दिवस किन्नौर किन्नौर का ज़िला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह रिकांगपिओ में हुआ जहां ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से राज्य सरकार ने गृहिणी सुविधा नामक नई योजना शुरू की है जिसके तहत पात्र परिवारों को तीन हजार पांच सौ रूपये का नया गैस कनैक्शन मुफ़त प्रदान किया जा रहा है

इस मौके विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया स्वतंत्रता दिवस हमीरपुर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर में ज़िला स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली

स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया इस मौके सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए हैं और जनजातीय क्षेत्रों का भी चहुमुखी विकास किया गया है

स्वतंत्रता दिवस मंडी उद्योग मंत्री बिकम सिंह ने मंडी के सेरी मंच पर ज़िला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है

स्वतंत्रता दिवस चंबा चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने तिरंगा फहराया उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देशवासी उन महान योद्वाओं की कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकेंगे उन्होंने भनौता गांव के शहीद सिपाही दीवान चंद की पत्नी कर्मी देवी को सम्मानित किया पदमश्री विजय शर्मा सहित कई विधायकगण व स्वतंत्रता सेनानी समारोह का गवाह बने

यहां वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने ठोडो मैदान में तिरंगा लहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली पुलिस होमगार्ड व स्कूली बच्चों ने देशभक्ति की धुनों पर कदम से कदम मिलाते शानदार परेड प्रस्तुत की

सांसद वीरेन्द्र कश्यप भी इस मौके मौजूद रहे स्वतंत्रता दिवस बिलासपुर बिलासपुर का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में मनाया गया जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने की उन्होंने तिरंगा फहराया और विभिन्न टुकड़ियों से मार्चपास्ट की सलामी ली

राजीव सहजल ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं का उल्लेख किया

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने तिरंगा फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया इस मौके उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार ने तिरंगा फहराया राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीकेशर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया उघर नई दिल्ली में लालकिले में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह में हिमाचल के करीब पांच दर्जन लोगों ने पारंपरिक परिधानों में भाग लिया इसके बाद हिमाचली प्रतिभागियों के लिए हिमाचल मवन में भी एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव बीकेअग्रवाल ने उनसे संवाद किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लेडी गर्वनर दर्शना देवी मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर साधना ठाकूर के अलावा प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायकगण भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती मुख्य सचिव विनीत चौधरी पुलिस महानिदेशक एसआरमरढ़ी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी व स्वतंत्रता सेनानियों समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों के उत्थान पर चर्चा के लिए पहाड़ी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक अगले महीने शिमला में होगी मनाली में आज पैरा साइकलिंग अभियान के समापन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने कई योजनाए शुरू की हैं उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में टीवी व मोबाईल टावर होना ज़रूरी है और इस दिशा में काम किया जा रहा है

जाम सोलन ज़िले में शिमला परवाणू फोरलेन पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ज़िला प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों पर जाने की सलाह दी है ये वैकल्पिक मार्ग चक्की मोड़ कुमारहट्टी वाया भोजनगर और परवाणु कुमारहट्टी वाया कामली भोजनगर है